इसमें से एक सौ करोड़ रूपए की लागत से केवल सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है वीरेन्द्र कंवर कल कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलाहटा में कोठी गैहरा सड़क के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने देश के किसानों को अपनी आय दोग्ना करने के लिए केवल प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी की उर्वरता पर्यावरण और पानी के संरक्षण पर बल दिया है राज्यपाल कल हरियाणा के कैथल के पूंडरी में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे उन्होंने कीटनाशकों और रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके प्रयोग से न केवल फसलों के पोषक तत्व कमज़ोर हो रहे हैं बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित हो रही है मौसम पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में आज से फिर मौसम खराब रहेगा जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर की ऊंची चोटियों पर सुबह से ही हल्का हिमपात हो रहा है जबकि चंबा व धर्मशाला में वर्षा होने का समाचार है इधर राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बीती रात हल्की वर्षा हुई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिये गए निर्णय से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचारपत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है शहीद अर्द्वसैनिकों के परिजनों को हिमाचल में मुफ्त बस यात्रा पंजाब केसरी की सुर्खी है शहीदों के परिजनों को अब एचआरटीसी में फ्री बस यात्रा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अब मुफ्त में बस यात्रा करेंगे पैरामिलिट्री शहीदों के परिजन एचआरटीसी बीओडी की बैठक में लिया गया फैसला दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है अर्धसैनिक बलों के शहीद परिजनों को मुफ्त यात्रा

मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है आज से फिर कड़े होंगे मौसम के तेवर

जबकि दैनिक भास्कर व अमर उजला के एक जैसे शब्द हैं हिमाचल में आज भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी स्वाईन फ्लू पर दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है सूबे में स्वाइन फ्लू से एक और मौत पंजाब केसरी के शब्द हैं स्वाइन फ्लू से आईजीएमसी में एक और मौत जबकि आपका फैसला के शब्द हैं स्वाइन फ्लू से जिला सिरमौर में पहली मौत

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय हैलो मोगीनंद में लिखता है कि प्रदेश का स्कूल शिक्षा बोर्ड अपने तौर पर मोगीनंद स्कूल के इस अभिनव प्रयोग को प्रश्रय दे तो शिक्षा का एक अदृभुत प्रयोग तथा मॉडल विकसित होगा आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय दावे कितने सच्चे में लिखता है कि प्रदेश को अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने की बातें सरकार करती है तो उसके लिये वह सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिये जो मरीजों के हित में हो